इस बैठक में राज्य सरकार के एक साल पूरे होने पर की जाने वाली घोषणाओं और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जा सकती है

इन प्रस्तावों में दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में जनता क्लिनिक की व्यवस्था शुरू करने और निरोगी राजस्थान योजना को जारी करने के प्रस्ताव भी शामिल है

संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण पर निजी उर्द्योगों को संवेदनशील बनाया जा रहा है

इस विधेयक में शस्त्र अधिनियम उन्नीस सौ उनसठ में संशोधन का प्रस्ताव है इस संशोधन विधेयक में एक व्यक्ति को कई हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस में कटौती करना और संबंधित कानून के उल्लंघन पर दंड की सीमा बढाने का प्रावधान है विघेयक में हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस की वैघता तीन वर्ष से बढाकर पांच वर्ष किए जाने की भी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी राम माधव ने कहा है कि नागरिकता संसोधन कानून बनने से पूर्वोत्तर राज्यों की भाषा संस्कृति और जनसांख्यिकी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पडेगा श्री माधव ने कल जैसलमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस कानून का मकसद धार्भिक प्रताड़ना के कारण पड़ौसी राज्यों से विस्थापित होकर भारत में आये पीड़ितों को सिर्फ नागरिकता दिलवाना है

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये है

श्री डोटासरा ने कहा कि राज्य में इंग्लिश माध्यम के स्कूल भी खुल रहे है तथा सरकारी स्कूलों में नामांकन बढने के साथ साथ अध्यापकों की भर्ती जारी हैं उन्होंने कहा कि अलोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगामी शिक्षा सत्र से कृषि और इतिहास विषय के पाठ्यक्रम खोले जायेंगे

ये शिविर ग्राम पंचायत पारेवर रामा और बांधेवा में आयोजित किए गए अभियान के दौरान जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया प्रदेश में आज भी सर्दी का दौर बना हुआ है मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान के एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की है इसी प्रकार कल और परसों प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तथा ओले गिरने की आशंका व्यक्त की है

मेजबान नेपाल दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर रहा